मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री चौहान ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रप की तत्काल बैठक कर जिला स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें

जानकारी दी गई कि देश में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण प्रभावितों की संख्या में वृद्धि हई है मध्यप्रदेश देश में नवें नंबर पर है अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में पिछले हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है ूसरी ओर मध्यप्रदेश कोविड टीकाकरण में देश में दूसरे नंबर पर है

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में पात्र लाभार्थियों के लिये टीकाकरण का दूसरा चक्र आरंभ हो रहा है

केन्द्र सरकार पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के समूहों को संगठित करके उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्थान की योजना लागू कर रही है इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इस विषय पर अधिक शोध किए जाने की जरूरत है कि ग्राहक गांव के किस तरह का उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्होंने कहा कि देश और विदेश में इन उत्पादों की बिक्री के लिए एमेजन या अलीबाबा की तरह ही वेबसाइट की जरूरत है

यह मंजूरी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने दी

राष्ट्रपति कल अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का उदघाटन करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपरिथत रहेंगे यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टैस्ट मैच के लिए इस स्टेडियम में भव्य सजावट की गई है और अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है

इसमें एक लाख दस हजार लोग बैठ सकते हैं

डीआरडीओ इसे विशेष तौर पर नौसेना के लिए देश में ही डिजाइन और विकसित किया है यह मिसाइल समुद्र में नजदीकी लक्ष्य सहित विभिन्न हवाई हमलों के खतरे से निपटने में सक्षम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफल परीक्षणों पर डीआरडीओ को बधाई दी है

मीडिया में आयी खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय पुलिस बल विशेष रूप से भेजे जा रहे हैं

निर्वाचन आयोग का कहना है कि केंद्रीय पुलिस बलों को नियमित रूप से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण और संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में पहले से ही भेजा जाता है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमालिया पर बैठक में श्री टी एस त्रिमूर्ति ने आशा व्यक्त की कि वहां के नेता शीघ्र चुनाव कराने की दिशा में फैसला लेंगे